इलाज के बाद महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है चिकित्सा विमाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस पोजेटिव पाये गये तीनों रोगियों का जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में बनाये गये आइसोलेशन वार्ड में ईलाज चल रहा है

इधर जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच शुरू कर दी गई है

उन्होंने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है अगर कोई भी निजी अस्पताल उपचार करने से मना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने तीन निजी अस्पतालों को नोटिस भी जारी किए है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने नौ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है राजस्थान से राजेन्द्र गहलोत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है वहीं कांग्रेस से कल भाजपा में शामिल हए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया भाजपा ने दो सीटे अपने सहयोगी दलों को देने का भी निर्णेय किया है

वहीं राजस्थान की तीन सीटों के लिए वोट डाले जायेंगे मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के विधायकों को जयपूर लाया गया है इन्हें शहर के दो होटलों में ठहराया गया है वहीं भारतीय पार्टी ने अपने विधायकों को गुरूग्राम भेजा है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रथम दृष्टया दिल्ली हिंसा का मामला सुनियोजित लगता है श्री शाह ने कल लोकसभा में आश्वासन दिया कि हिंसक घटनाओं के सभी दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी सदन में इस मामले पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इसकी जांच के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त करने का अनुरोध किया है कांग्रेसी सदस्यों ने गृहमंत्री के जवाब से असंतोष जताते हए सदन से वाकआउट किया देश के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डी दलों की समस्या को जड से खत्म करने के उददेश्य से टिड्डी प्रभावित दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशो की कल नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हुई इसमें भारत पाकिस्तान अफगानिस्तार और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई और समस्या के समाधान को लेकर आपसी सहयोग पर सहमति बनी बैठक में राजस्थान और गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ ही केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि क्षेत्रीय विधायकगण और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी सम्पन्न हई